ग्यारह अप्रैल को पहले चरण के लिये होने वाले लोकसभा चुनाव क्षेत्रों में प्रचार आज शाम समाप्त हो जायेगा पहले चरण में गया औरंगाबाद नवादा और जमुई संसदीय क्षेत्र सहित नवादा विधानसभा उपचुनाव के लिए ग्यारह अप्रैल को वोट डाले जायेंगे इस चरण के लिए प्रचार आखिरी आज दिन कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज गया में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे गया संसदीय क्षेत्र से हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी चुनाव लड़ रहे हैं इधर जदयू के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल नवादा के कादिरगंज में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि एनडीए ही देश को मजबूज और विकासशील सरकार देने में सक्षम है वहीं राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने दरभंगा में पार्टी उम्मीदवार अब्द्रल बारी सिदिदकी के समर्थन में आयोजित चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि यह चुनाव देश संविधान और आरक्षण बचाने की लड़ाई है रालोसपा अध्यक्ष उपेन्द्र कुशवाहा ने शेखप्रा के अरियरी में पार्टी उम्मीदवार भूदेव चौधरी के पक्ष में चुनावी रैली की उन्होंने केन्द्र और राज्य सरकार को प्रचार वाली पार्टी बताते हुए कहा कि महागठबंधन ही आम लोगों की हितैषी है लोजपा अध्यक्ष रामविलास पासवान ने समस्तीपुर में एनडीए उम्मीदवार रामचंद्र पासवान और नित्यानंद राय के समर्थन में आयोजित चुनावी सभा में कहा कि एनडीए सबका साथ सबका विकास के मूलमंत्र पर काम कर रही है सभा को संबोधित करते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने महागठबंधन पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया रैली को भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी नंद किशोर यादव मंगल पांडेय और सीपी ठाकुर ने भी संबोधित किया इधर चुनाव आयोग ने पहले चरण में नक्सल प्रभावित जमुई लोकसभा क्षेत्र के तारापुर और दूसरे चरण में बांका लोकसभा क्षेत्र के कटोरिया और बेलहर विधानसभा क्षेत्रों में मतदान की अवधि घटा दी है अब इन इलाकों में मतदान सुबह सात बजे से शाम चार बजे तक होगा चौथे चरण के लिए उनतीस अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का आज अंतिम दिन है इस चरण में दरभंगा उजियारपुर समस्तीपुर बेगूसराय और मुंगेर संसदीय क्षेत्रों में चुनाव कराये जायेंगे चौथे चरण के नामांकन के छठे दिन कल अट्ठाईस उम्मीदवारों ने नामांकन किया वहीं पांचवे चरण के अंतर्गत छह मई को होने वाले मतदान के लिए कल अधिसूचना जारी की जायेगी प्रदेश में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में पांच सीटों के लिए अब केवल बेयासी उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं कल नामांकन पत्र वापस लेने का आखिरी दिन था सबसे अधिक खगडिया और सुपौल में बीस बीस और सबसे कम अररिया में बारह उम्मीदवार हैं जबकि झंझारपुर में सत्रह और मधेपुरा में तेरह उम्मीदवार हैं इस चरण के लिए एक सौ चौदह उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किए थे इन क्षेत्रों में तेईस अप्रैल को चुनाव होगा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ग्यारह अप्रैल को भागलपुर में होने वाली चुनावी जनसभा को ध्यान में रखते हुए बिहार प्रशासनिक सेवा के दस पदाधिकारियों की तैनाती की गयी है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज भागलपुर और बांका में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे वहीं उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी और केन्द्रीय मंत्री रामविलास पासवान संयुक्त रूप से नवादा लोकसभा क्षेत्र के बरबीघा और कौआकोल और गया लोकसभा क्षेत्र के बेलागंज में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार और केन्द्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान चलायेंगे वहीं राजद के नेता तेजस्वी यादव आज औरंगाबाद उजियारपुर समस्तीपुर और नवादा में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे दरभंगा के निवर्तमान सांसद कीर्ति आजाद झारखंड की धनबाद संसदीय सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे कांग्रेस पार्टी ने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाने की औपचारिक घोषणा कर दी है रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेन्द्र कुशवाहा का साथ छोड़ते हुए सीतामढ़ी के निवर्तमान सांसद रामकुमार शर्मा ने अलग गूट बनाने की घोषणा की है बेगूसराय संसदीय सीट से सीपीआई प्रत्याशी कन्हैया क्मार आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे नामांकन के बाद आयोजित सभा में जावेद अख्तर शबाना आजमी युवा नेता हार्दिक पटेल सहित कई नामीचन हस्त्यां शामिल होंगी मतदाता जागरूकता अभियान के तहत बैनर पोस्टर से सुसज्जित कामाख्या एक्सप्रेस सोमवार की देर शाम कटिहार स्टेशन पहुंची कटिहार रेलमंडल के मंडल रेल प्रबंधक सीपी ग्रप्ता और जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी श्रीमति प्रनम ने हरी झंडी दिखाकर कामाख्या के लिये रवाना किया उच्चतम न्यायालय ने निर्वाचन आयोग से लोकसभा चूनाव के दौरान प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक की बजाय पांच ईवीएम का मिलान मतदाता प्रष्टि पर्ची वीवीपैट से कराने का निर्देश दिया है न्यायालय का यह आदेश इक्कीस विपक्षी दलों के नेताओं की ओर से दायर उस याचिका पर आया है जिसमें उन्होंने प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से कम से कम पचास फीसदी वीवीपैट मशीनों से निकली पर्चियों का मिलान ईवीएम से पड़े मतों से कराने का निर्देश देने का अनुरोध किया था

लोक आस्था का चार दिवसीय महापर्व चैती छठ आज नहाय खाय के साथ शुरू हो गया है सूर्योपासना के इस पवित्र चार दिवसीय महापर्व के पहले दिन छठव्रती नर नारी अंतःकरण की शुद्धि के लिए नहाय खाय के संकल्प के साथ नदियों तालाबों के निर्मल और स्वच्छ जल में स्नान करने के बाद शुद्ध घी में बना अरवा भोजन ग्रहण कर इस व्रत को शुरू करेंगे लोक आस्था के इस महापर्व के तीसरे दिन व्रतधारी अस्ताचलगामी सूर्य को नदी और तालाब में खड़े होकर प्रथम अर्घ्य अर्पित करते हैं महापर्व के चौथे और अंतिम दिन उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही इस महापर्व का समापन हो जायेगा राज्य के मेडिकल कॉलेजों के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अखिल भारतीय आयूर्विज्ञान संस्थान एम्स के कोटे से दाखिला लिये जाने के विरोध में जूनियर डॉक्टर आक्रोशित हैं पीएमसीएच एनएमसीएच डीएमसीएच सहित राज्य के सभी अस्पतालों में जूनियर डाक्टर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गये हड़ताल से मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं ठप हो गयी है और मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है केन्द्रीय मानव विकास मंत्रालय की ओर से जारी नेशनल इंस्टीच्यूशनल रैंकिंग फ्रेम वन की इंडिया रैंकिंग दो हजार उन्नीस के इंजीनियरिंग श्रेणी में आई आई टी पटना को बाईसवां स्थान प्राप्त हुआ है राजधानी पटना सहित प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मौसम में बदलाव देखा जा रहा है पूर्वा हवा चलने के कारण तापमान में गिरावट दर्ज हुई है मौसम विभाग ने कहा है कि आज सहरसा दरभंगा सुपौल और समस्तीपुर में अगले कुछ घंटों में तेज हवा के साथ ओलावृष्टि हो सकती है मध्रबनी में सम्पन्न दो दिवसीय हेमन ट्राफी अंतर जिला क्रिकेट प्रतियोगिता में बेगूसराय ने नार्थ जोन से पूल चैम्पियन होने का गौरव प्राप्त किया है

हिन्दुस्तान ने लिखा है भाजपा का संकल्प पत्र राष्ट्रवाद को भी तरजीह तीन साल में किसानों की आय दुगुनी करने का वादा किसानों दूकानदारों को पेंशन देंगे दैनिक जागरण की सुर्खी है राम रक्षा राष्ट्रवाद के मंत्र व सौ लाख करोड़ के निवेश से बनायेंगे नया भारत दैनिक भास्कर ने भाजपा के घोषणा पत्र को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए लिखा है रोजगार मुक्त राष्ट्रवाद प्रभात खबर का शीर्षक है सुप्रीम कोर्ट का चुनाव आयोग को निर्देश हर विधान सभा क्षेत्र में अब पांच बूथों पर इवीएम वीवीपैट का किया जायेगा मिलान